इससे पहले आज दिनभर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री मंत्रिमण्डल के सदस्यों और आला अधिकारियों की बैठकों का दौर जारी रहा इस मामले पर राज्य सरकार कल विधानसभा में बडा फैसला कर सकती है

खेल और परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांदना ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए उम्मीद जताई की कल गुर्जर आंदोलन समाप्त हो जायेगा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

इस कारण दर्जनों रेलगाडियां प्रभावित हैं तथा करीब दो दर्जन ट्रेनों को रदद करना पडा है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 प्रशासन ने कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं दौसा भरतपुर धौलपुर सवाई माधोपुर और करौली और टोंक में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है

श्री वाड्रा जयपुर स्थित प्रवर्तन निदेशालय में अपनी मां के साथ आज सुबह पौने ग्यारह बजे पेश हए उनके साथ श्रीमती प्रियंका गांधी भी थी जो कुछ समय बाद वहां से चली गयीं श्री वाड्रा और उनकी मां से लगभग डेढ घंटे पूछताछ हुई भोजनावकाश के बाद अकेले वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे जहां उनसे शाम तक पूछताछ जारी रही

गृहमंत्री ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष को स्वस्थ रोजनीति करनी चाहिए इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रफाल सौदा मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से कराने की मांग की सरकार ने विरोध कर रहे एक लाख से अधिक वकीलों को आश्वस्त किया कि वह उनकी मांगों को पूरा करने का हरसंभव प्रयास करेगी विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज राज्यसभा में कहा कि सरकार का इस मुद्दे पर सकारात्मक रूख है और वकीलों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा श्री प्रसाद तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सुखेन्दु शेखर रॉय द्वारा शून्यकाल में उठाये गये इस मदुदे का जवाब दे रहे थे श्री रॉय ने कहा कि विरोध कर रहे वकील अपने लिए स्टाइपंड के लिए बजट में प्रावधान करने और जीवन बीमा की सुविधा की मांग कर रहे हैं

भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने जयपुर शहर में झण्डा और स्टीकर लगाकर मेरा परिवार भाजपा परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया

पाली जिले के तखतगढ में आज दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत शहरी समृद्धि उत्सव का आयोजन किया गया

चूरू में बाल श्रम अधिकारी ने जिला मुख्यालय पर मिठाई की द्वकान पर काम कर रहे एक बाल श्रमिक को मुक्त करवा लिया

आग पर करीब एक घंटे में काबू पाया जा सका

आज सबसे कम पांच डिग्री सैल्सियस तापमान सिरोही के माउंटआबू में रिकॉर्ड किया गया